मोदी संस्कृति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक शक्ति भारत को और भी मजबूत बनाती है और इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है उन्होंने कल दिल्ली में गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन करते हुए विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण और प्रोत्साहन पर भी जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रत्येक राज्य भवनों को अपने राज्य की संस्कृति और परम्पराओं को बढ़ावा देने के साथ ही व्यापार और निवेश का केन्द्र बनना चाहिए प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में पाइप के माध्यम से पेय जल उपलब्ध करा रही है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि यह प्रक्रिया आज सवेरे पौने नौ बर्ज से पौने दस बजे के बीच पूरी होगी लैंडर को चंद्रमा की सतह के और निकट लाने के लिए कल शाम भी ऐसी ही एक और प्रक्रिया होगी

इस मिशन से सात सितम्बर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव के पास लैंडर की सहज लैंडिंग हो जाएगी अनशन नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर और उनके साथियों ने कल रात मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पूर्व मुख्य सचिव एससी बैहार से चर्चा के बाद अपना अनशन और धरना आंदोलन खत्म किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पच्चीस अगस्त से अनषन पर बैठीं सुश्री पाटकर से अनशन समाप्त कर डूब प्रभावितों के मुद्दों के निराकरण में राज्य सरकार का सहयोग करने की अपील की थी इससे पहले श्री बैहार ने धरना स्थल पर पहँचकर सुश्री पाटकर और उनके साथियों से चर्चा कर उन्हें मुख्यमंत्री के संदेश और सरदार सरोवर परियोजना के जल स्तर को कम करवाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी इसमें तय हुआ है कि सुश्री पाटकर नौ सितम्बर को भोपाल में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी बैठक में उनके मुद्दों का निराकरण नहीं होने पर भोपाल में धरने का निर्णय लेंगी श्री नाथ ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास होगा कि बांध के गेट खोले जाये और पूर्ण जल स्तर तक भराव वर्तमान में स्थगित रखा जाये उन्होंने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार डूब प्रभावितों के पूर्ण पुनर्वास के लिये प्रतिबदध है डूब प्रभावितों के सभी दावों और मुद्दों का सम्पूर्ण निराकरण नर्मदा घाटी के गाँव गाँव में शिविर लगाकर किया जायेगा गणेश उत्सव दस दिवसीय गणेश उत्सव पर्व पारंपरिंक उत्साह के साथ कल से शुरू हुआ इस अवसर पर देर रात तक जगह जगह आकर्षक झांकियां सजाकर भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना की जाती रही वहीं घरों में भी भगवान गणेश की मुर्तियों की स्थापना की गई है झांकी स्थलों पर बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की सांस्कृतिक और खेलकूद की प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती है राजधानी भोपाल इन्दौर उज्जैन ग्वालियर में बड़ी संख्या में देर रात तक गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की गई

इन्दौर के खजराना मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान को स्वर्ण मुक्ट और मोतियों का चोला समर्पित किया गया साथ सवां लाख मोदको का भोग भी लगाया गया उज्जैन में चिंतामंन और बड़े गणेश मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई अशोकनगर में एक दर्जन स्थानों पर गणेश पंडाल सजाये गये हैं वहीं चंदेरी स्थित ध्रुंधराज गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की डिण्डोरी भिंड में भी गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाने के समाचार मिले हैं

राजधानी भोपाल में देर रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो सुबह तक रूक रूकर चलता रहा

जबकि जबलपुर और उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई

उधर मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों में नया मॉनसून सिस्टम बनने के बाद वर्षा में तेजी आने की संभावना भी व्यक्त की है विभाग ने आज गुना धार राजगढ़ मंदसौर बैतूल रायसेन होशंगाबाद खंडवा सीहोर नरसिंहपुर हरदा उमरिया सीधी रीवा सिंगरौली शहडोल और नीमच जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

भारत ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को धाराशायी कर दिया इस जीत से भारत आईसीसी विश्व टैस्ट चौम्पियनशिप में अंक तालिका में सबसे ऊपर आ गया है भारत की ओर से रवीन्द्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने तीन तीन खिलाड़ियों को आउट किया

खेलकूद भोपाल में चल रही सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में कल वीर धवल खाड़े रूजुता खाड़े ऋचा मिश्रा शिवा एस लिखित एस पी और दिव्या ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्णपदक जीते

वॉटर पोलों महिला वर्ग में आज केरल और बंगाल के साथ ही महाराष्ट और कर्नाटक के बीच सेमिफायनल मुकाबल होंगे

सेना के सुरजीत राजवंशी दूसरे और रेलवे के गौरव रघ्वंशी तीसरे स्थान पर रहे वहीं महिला वर्ग में पुलिस की इच्छिता ने स्वर्ण पदक हासिल किया रेलवे की रीतिका श्रीराम को रजत और महाराष्ट्र की मेधाली को कांस्यपदक मिला